उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिये जरूरी कदम बताया

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है पोखरियाल यूजीसी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियंरी पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में शुरू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है इसे अगले अकादमिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी को चुना गया है शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न् योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फैलोशिप का भुगतान सुनिश्चित करने और इसके लिए एक हेल्प लाइन भी शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने को भी कहा है तोमर किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थे और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से उत्तेजित न होने की अपील करते हुए कहा कि किसानों को बातचीत के लिए तीन दिसम्बर को आमंत्रित किया है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे

लैंडलाइन से लैंडलाइन मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल कॉल्स करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा

संविधान दिवस संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ किया जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए वही सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा कि समानता हमारे संविधान का मूल आधार है उन्होंने कहा कि संविधान ने शुरू से ही देश की सभी महिलाओं और पुरूषों को बराबरी के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया दिया है जो एक ऐसी विशेषता है जिसे दुनिया के कई देशों ने बहुत बाद में अपनाया

अनूपपुर जिले के केन्द्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी में ऑनलाइन माध्यम से संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया राजगढ़ देवास होशंगाबाद इंदौर शिवपुरी रीवा और उज्जैन सहित प्रदेश भर में इस अवसर पर शपथ ग्रहण और अन्य कार्यक्रम हुए

सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के अन्य साधनों का उपयोग हमें इस खतरे से बचा सकता है मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करके दिखायेगा

मुख्यमंत्री आज मिन्टो हाल में एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्र कल्याण के महत्वपूर्ण कार्य के लिये उनका अभिनन्दन करते हुए हम उन्हें मध्यप्रदेश का ब्रॉण्ड एम्बेसडर बना रहे हैं

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा

निरोगी काया अभियान की टीम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को प्रशस्ति पत्र तथा एक एक हजार नगद रूपए प्रदान कर पुरस्कृत किया गया